निर्वाचन आयोग ने गत ग्यारह अप्रैल को कई कारणों से इन मतदान ब्रथों में मतदान न हो पाने के कारण प्रनर्मतदान का आदेश दिया है अरुणाचल ईस्ट संसदीय सीट के लिए मेसिंग वांगुनपाथर नोंगथाव खाम्ति विंगसेन नोंगथाव लोंगुवा और लोंगखाव में जबकि अरुणाचल वेस्ट संसदीय सीट के लिए नाचिबन जोमोह यांगफो तागामपु पिप्र दित पानिया बायोर लेया रेबी नासी कामकी देगों और सोगुम के मतदान बूथों में पुर्नमतदान होगा पुनर्मतदान सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक होगी अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की साठ सीटों और लोकसभा की दो सीटों के लिए गत ग्यारह अप्रैल को वोट डाले गए थे

औसतन छियासठ प्रतिशत मतदान की खबर है वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा ने बताया कि ग्यारह राज्यो और एक केंद्रशासित प्रदेश में पंचानवे निर्वाचन क्षेत्रो में मतदान शांतिपूर्ण रहा श्री सिन्हा ने कहा कि पुद्दचेरी में सबसे अधिक अटठहत्तर प्रतिशत मतदान हुआ उसके बाद पश्चिमबंगाल का नंबर रहा जहाँ लगभग छिहत्तर प्रतिशत लोगो ने वोट डाले मणिपुर में लगभग चौहत्तर प्रतिशत असम में तिहत्तर तमिलनाड़ में बाहत्तर छत्तीसगढ़ में इकहत्तर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बासठ बासठ जम्मू कश्मीर में तिरालीस कर्नाटक में बासठ और बिहार में तिरसठ प्रतिशत लोगो ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया औडिसा में लोकसभा और विधानसभा दोनो ही चुनाओ में चौसठ प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया

ईटानगर में गत ब्रहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी राज्य ईकाई के प्रभारी एवं पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग ने कई स्थानो में मतदान शुरु होने से पहले ही इ वी एम में खराबी होने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि यह हर संभव है कि इ वी एम उचित परिणाम नही दे सकता है मतदान के दौरान कई अप्रिय घटनाओ की रिपोर्ट मिलने की बात करते हुए श्री अपांग कहा कि मतदान के लिए कई क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नही लगाई गई थी श्री गेगोंग अपांग यिंगकियोंग तुतिन विधानसभा क्षेत्र से जे डी एस के उम्मीदवार है

सीबीएसई ने पाठ्यक्रम को छोटा किये जाने के बारे में मीडिया में छपी खबरो का खंडन करते हुए आज एक बयान जारी किया सीबीएसई को विभिन्न हितधारको की ओर से लगातार यह अनुरोध मिल रहा था कि सामाजिक विज्ञान विषय जिसमें इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल है के पाठ्यक्रम को छोटा किया जाये सीबीएसई की समिति ने इस अनुरोध पर पाठ्यक्रम की समीक्षा का सुझाव दिया था

सोसायटी ने संवैधानिक संशोधन दो हजार आठ को याद करते यह दिवस मनाया जहाँ दफला के स्थान पर मूल नामकरण न्यीशी किया गया था संसद के दोनो सदनो ने उन्नीस मार्च दोहजार आठ को एक ही दिन में इस संशोधन को पारित किया और इसे एक अप्रैल दो हजार आठ को राष्ट्रपति का आश्वासन मिला प्रभू ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की याद में गुड फ्राइडे आज पूरे विश्व में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है मान्यता है कि सलीब पर चढ़ाए जाने के तीन दिन बाद प्रभू ईसा मसीह जीवित हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह के आदर्शो का स्मरण किया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि ईसा मसीह ने लोगो के प्रति अन्याय पीड़ा तथा दुख दर्द को समाप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था

वे छप्पन वर्ष के थे

आज का अधिकतम तापमान तीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान सात दशमलव चार मिलीमीटर बारिश दर्ज कराया गया इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार